रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने सीमा क्षेत्रों पर मौजूद वर्तमान मसलों को शांतिपूर्ण बातचीत और विचार विमर्श के साथ हल करने के लिए प्रतिबद्ध है श्री सिंह ने कहा कि आपसी सम्मान और संवेदनशीलता पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का आधार है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उत्पन्न स्थिति के बारे में आज लोकसभा में दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि भारत मौजूदा स्थिति को बातचीत से हल करने के प्रति गंभीर है रक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि भारत तीन प्रमुख सिद्धांतों पर गंभीर रुख अपनाए हुए है उन्होंने कहा कि दोना पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूरी तरह सम्मान करना चाहिए और किसी को भी एकतरफा कार्रवाई करके स्थिति बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच सभी समझौतों को पूर्णता के साथ अमल में लाना चाहिए उन्होंने सदन से उन सशस्त्र बलों के हित में एक प्रस्ताव पारित करने को भी कहा जो खराब मौसम की स्थितियों में भी ऊंचाई वाले स्थानों पर मातृभूमि की रक्षा में डटे हैं

उन्होंने कहा कि भगवान गौतमबुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर में प्रतिवर्ष बौद्ध धर्म के मानने वाले पर्यटक यहां आने में अपना सौभाग्य मानते हैं खूदाई से प्राप्त दो अस्थि कलश वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखे हुए हैं उनमें से बौद्ध श्रद्धालुओं के दर्शनाथ एक अस्थि कलश को राष्ट्रीय संग्रहालय पिपरहवा कपिलवस्तु में स्थापित कर दिया तो बौद्ध श्रद्धालु इसके दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे साथ ही प्रदेश को काफी विदेशी मुद्रा के रूप में राजस्व भी प्राप्त होगा श्री पाल ने यहां पर बौद्ध श्रद्धालुओं के लिये एक ध्यान केन्द्र के स्थापना करने की भी मांग की

भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा के प्रस्ताव को सदन ने मंजूर कर लिया बाद में सभापति एम वेंकैया नायडु ने उनके उपसभापति निर्वाचन की घोषणा की श्री हरिवंश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जनता दल यूनाइटेड सांसद सभी रूप में लोकप्रिय है बाइट हरिवंश जी के लिए जो सम्मान और अपनापन मेरे मन में है इन्हें करीब से जानने वाले लोगों के मन में है वहीं अपनापन और सम्मान आज सदन के हर सदस्य के मन में भी है ये भाव ये आत्मीयता हरिवंश जी की अपनी कमाई हुई पूंजी है उनकी जो कार्यशैली है जिस तरह सदन की कार्रवाई को वो चलाते हैं उसे देखते हुए ये स्वामाविक भी है सदन में निष्पक्ष रूप से आप की भूमिका लोकतंत्र को मजबूत करती है

उन्होंने कहा कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली में शिक्षण और पठन पाठन ऐसा होना चाहिये जोकि विद्यार्थियों में अन्वेषण तर्कशीलता और रचनात्मक विकास का कार्य करे

उन्होंने कहा कि अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में टेस्टिंग किट का बैकअप रखा जाये जिससे जांच का कार्य सुगमतापूर्वक होता रहे मुख्यमंत्री आज लखनऊ में कोरोना संक्रमण रोकथाम से संबंधित एक उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने सभी चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजों में आक्सीजन की सुगमता बनाये रखने के भी निर्देश दिय देश और प्रदेश में आज अभियन्ता दिवस मनाया जा रहा है यह दिन विख्यात इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या की जयंती पर मनाया जाता है

लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अभियंताओं से श्री विश्वेश्वरय्या के जीवन से सीख और प्रेरणा लेकर प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का आहवान किया इस अवसर पर बोलते हुए श्री मौर्य ने कहा कि सड़के विकास का आधार है और विकास के पहले चरण में रोड कनेक्टिविटी होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने विकास की दिशा में बहुत सारे कार्य किये हैं और सरकार के प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभियंताओं और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया केशव प्रसाद मौर्य ने विश्वेश्वरय्या द्वार और मल्टीलेवल पार्किंग का शिलान्यास भी किया

संक्रमण काल में बेरोजगार होकर लौटे कामगारों और महिलाओं को कृषि विज्ञान केन्द्र बांदा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और प्रशिक्षण दे रहा है जिनमें मुर्गी पालन बकरी पालन मशरूम उत्पादन मधुमक्खी पालन शामिल है

शेष का प्रशिक्षण जारी है

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार आज से बीएलओ और पर्यवेक्षकों को कार्य क्षेत्रों और ड्यूटी का वितरण शुरू हो गया है पहली अक्टूबर से बारह नवम्बर तक बीएलओ घर घर जाकर गणना और सर्वेक्षण का कार्य करेंगे ऑन लाइन आवेदन करने की अवधि पहली अक्टूबर से पांच नवम्बर रखी गई है

लखनऊ दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के नजीबाबाद गोरखप्र केन्द्रों पर निदेशक के पद पर कार्य कर चुके नित्यानंद मैठाणी जी का कल रात लखनऊ में निधन हो गया वे सत्तासी वर्ष के थे श्री मैठाणी भारतीय प्रसारण सेवा के प्रथम बैच के अधिकारी थे और लगभग पैंतीस वर्षो की सेवा देकर केन्द्र निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे केन्द्र सरकार ने मीडिया में आई इन खबरों को खारिज कर दिया है कि नई भर्तियों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया है कि यह खबर गुमराह करने वाली है कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी चयन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग जैसे सरकारी संगठनों के माध्यम से सरकारी भर्तियां सामान्य रूप से चल रही हैं